मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाषा विश्वविद्यालय की आवश्यकता पर दिया बल

दिल्ली की अदालत ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के दोषी विनय शर्मा की याचिका खारिज की प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आज मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेलों का किया जा रहा है आयोजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की बासठवीं कड़ी होगी आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर कार्यक्रम प्रसारित होगा यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डॉट न्यूज ऑन ए आइ आर डॉट इन और न्यूज ऑन ए आइ आर ऐप पर भी उपलब्ध होगा मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जायेगा आकाशवाणी से हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जायेगा क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात आठ बजे पुनः सुना जा सकेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल ओडिशा के कटक में पहली खेलो इंडिया विश्वविद्याय प्रतियोगिताओं का वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने कहा कि इन खेलों के आयोजन से नया इतिहास बना है और भारत विश्वविद्यालय खेल आयोजित करने वाले देशों में शामिल हो गया है उन्होंने कहा कि आज प्रतियोगिताओं का शुभारंभ ही नहीं हो रहा है बल्कि देश मे खेल कूद के क्षेत्र में नये अध्याय की शुरुआत भी हो रही है प्रधानमंत्री ने तीन साल पहले शुरू हुए खेलो इंडिया का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें भाग लेने वालों की संख्या दुगनी हो गयी है गांवों तथा कस्बों की प्रतिभाएं इसमें हिस्सा लेकर देश का नाम रौशन कर रही हैं इस अभियान के तहत जो प्रतिमा रूपर आ रही है वह बड़े बड़े शहर की बड़े बड़े इन्टीट्यूट की नहीं है छोटे छोटे शहरी के बच्चे हैं गरीब घरो के दीयर दू दीयर थ्री शहरो के सामान्य परिवार से आने वाले बच्चों ने कमाल कर के दिखाया है देश के लिए नई आशा पैदा की है ये जो टैलेन्ट है कभी संसायनों के अभावों में एक्सप्रोजर के अभावों में आगे बढ़ने का उन्हें मौका नहीं मिलता था अब इस चैलंज को संसाधन ही मिल रहे हैं और कम उप्र में ही राष्ट्रीय स्तर का यह एक्सप्रोजर भी मिल रहा है अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मिलानिया ट्रंप के साथ भारत की दो दिन की यात्रा पर कल अहमदाबाद पहुंचेंगे वहां उनके भव्य स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं राष्ट्रपति ट्रम्प के स्वागत के लिए बाईस किलोमीटर रास्ते में रोड शो आयोजित किया जा रहा है राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक साथ इस रोड शो में भाग लेंगे देशभर के विभिन्न भागों से लोग राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी को नमस्ते ट्रम्प के मंच पर एक साथ देखने के लिए अहमदाबाद पहुंच रहे हैं अमरीकी राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान अहमदाबाद और नई दिल्ली के अलावा आगरा में ताजमहल देखने भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शहर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया इस बीच आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के साथ सोमवार को आगरा के ताजमहल दौरे पर साथ जाने की संभावना नहीं है इस दौरान कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं होगा

उन्होंने कहा कि विश्व में आज हिन्दी और संस्कृत जैसी भारतीय भाषाओं के शिक्षकों की आवश्यकता है श्री योगी ने कहा कि विश्वविद्यालयों को भाषा शिक्षक तैयार करने की दिशा में कार्य करना चाहिए मुख्यमंत्री कल लखनऊ में भारतीय भाषा महोत्सव दो हजार बीस के उद्घाटन के बाद बोल रहे थे तीन दिवसीय भारतीय भाषा महोत्सव का आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में किया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि हिन्दी देश के एक बड़े भू भाग को आपस में जोड़ती है उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दशकों पूर्व हिन्दी के माध्यम से लोगों को एक सूत्र में बांधा था श्री योगी ने कहा कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक मंचों पर हिन्दी में संबोधन देते हैं तो वे भावनात्मक रूप से पूरे विश्व को भारत के साथ जोड़ते हैं मूख्यमंत्री ने कहा कि आज लोग भारत आकर हिन्दी सीख रहे हैं और यह एक नयी शुरूआत है दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया दुष्कर्म और हत्या मामले में फांसी की सजा पाए चार दोषियों में से एक विनय कुमार शर्मा की इलाज की याचिका खारिज कर दी है याचिका में कहा गया था कि वह गंभीर रूप से चोटिल और मानसिक बीमारी से पीड़ित है तथा उसे इलाज की आवश्यकता है तिहाड़ जेल प्रशासन ने कोर्ट में बताया कि उसे मामूली चोटें आई हैं और कोई मानसिक बीमारी नहीं हैं जेल प्रशासन के मनोरोग विशेषज्ञ ने कहा कि सभी दोषी स्वस्थ हैं जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार नदियों को स्वच्छ रखने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि शहरों से निकलने वाले दूषित जल को नदियों में गिरने से पहले साफ करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं जल शक्ति मंत्री कल कानपूर में जल जीवन मिशन और ओडीएफ प्लस के अंतर्गत ग्राम फ्र्यानों सचिवों और लेखपालों की एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि अयोध्या में सरयू लखीमपुर और सीतापुर में घाघरा लखनऊ और जौनपुर में गोमती मथुरा और आगरा में यमुना नदी पर इस दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है

आरोग्य मेले सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक चलेंगे इनमें विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों की निःशुल्क जांच करेंगे और दवाएं देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस माह से प्रत्येक रविवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है

अब तक आठ करोड़ छियासी लाख किसान परिवारों को इसका फायदा मिला है योजना के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में हर साल छः हजार रुपये किस्तों में अंतरित किए जाते हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय झांसी इकाई द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ज़िले के मऊरानीपुर क्षेत्र के बड़ा गांव में एक ग्रामीण कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला में वक्ताओं ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम के महत्व को रेखाकित करते हए कहा कि भारत के लिये एक राष्ट्र की अक्वारणा सांस्कृतिक अनेकता पर आधारित है उन्होंने कहा कि इस अभियान का लक्ष्य प्रर्देशवासियों विभिन्न समुदायों और राज्यों के बीच सदियों पुराने रिश्तों को उजागर करने के साथ साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रदर्शित करना है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश भर में चल रहा है अट्ठारह दिनों तक चलने वाला यह अभियान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है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 मेघालय के लोगों के लिए नृत्य उनके जीवन का अहम हिस्सा है यहां नृत्यों का आयोजन ग्राम और ग्राम समूहों में किया जाता है यहां की संस्कृति में कोई भी त्याहार या उत्सव सामुदायिक नृत्यों के बगैर अध्यया माना जाता है परिवार में बच्चों के जन्म शादी समारोहों धार्मिक अक्सरों पर गीत संगीत के साथ नृत्य की परंपरा है मौसम में परिवर्तन के साथ फसलों की बुवाई के समय समाज की महिलाएं और पुरूष रंग बिरंगे परिषानों में नृत्य करते हैं और उत्सव मनाते हैं नोंग्रफ्रेम नृत्य राज्य का एक प्रमुख नृत्य है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि पर शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है राज्य में पिछले दो दिनों में अलग अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से कम से कम छह लोगों की मृत्यु हो गयी और कई अन्य झुलस गए आकाशीय बिजली गिरने की ये घटनाएं आजमगढ़ सुल्तानपुर सीतापुर और कौशाम्बी में हुई वर्ष दो हजार बाइस तक किसानों की आय को दोगुना करने और उन्हें साहकारों से बचाने के लिए सरकार निःशुल्क किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दे रही है महोबा के जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी ने जनपद के सभी किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थी किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये एक लाख साठ हजार रूपये तक का ऋण बिना किसी गारंटी के बैंक से प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए नजदीकी बैंक से संपर्क किया जा सकता है उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने का प्रपत्र डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट पीएम किसान डॉट जीओवी डॉट इन पर भी उपलब्ध है